करतारपुर गलियारे पर पाकिस्तान सरकार के वीडियो में खालिस्तानी अलगाववादी भिंडरावाला को दर्शाने के लिये भारत ने कड़ा विरोध दर्ज किया भ्रष्टाचार के विरूद्व कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सात पुलिस अधिकारियो को दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति आगामी छब्बीस नवम्बर को संविधान दिवस पर प्रदेश विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र किया जायेगा आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत स्थिति में है क्योंकि सरकार ने इसकी बुनियाद को कमजोर नहीं होने दिया है कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दो दिन के वैश्विक निवेशक सम्मेलन राइजिंग हिमाचल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश का विकास नये विचारों और नये दृष्टिकोण के साथ तेजी से हो रहा है भारत में विकास की गाड़ी नई सोच नई एप्रोच के साथ फोर विल्स पर चल रही है एक विल सोसायटी का डो एस्पायरिंग है एक विल सरकार का जो नये भारत के लिये एनकरेजिंग है एक विल इंडस्ट्री का जो डेरिंग है एक विल ज्ञान का जो शरिंग है प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले इस तरह के निवेशक सम्मेलन देश के कुछ शहरों मे ही आयोजित होते थे लेकिन अब स्थिति बदल गई है उन्होंने कहा कि अब राज्य भी निवेशकों को अपने यहां आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा में आ गये हैं श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो से राज्य सरकारें निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान देने लगी हैं इनिशियेटिव लेकर के व्यवस्था सरल कर रहे हैं कानूनों में बदलाव हो रहा है गैर जरूरी नियमों को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं राज्यों में ये कम्पटीशन जितना बढ़ेगा हमारे उद्योग भी ग्लोबल प्लेटफार्म पर कम्पीट करने के लिये सामर्थ्यवान बनेंगे दूसरे उद्योगों से मुकाबला करने की उनकी क्षमता कई गुणा बढ़ जायेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल फीताशाही विकास के मार्ग में बाधक है उन्होंने कहा कि सिंगल विण्डो प्रणाली से निवेशकों को बहुत लाम हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों के दौरान खर्च किये जाने वाले पांच लाख करोड़ रूपये के सार्वजनिक आधारभूत ढांचा कोष का लाम हिमाचल प्रदेश को भी मिलेगा प्रधानमंत्री ने उद्योगों के लिए मुफ्त बिजली सस्ती दर पर भूमि तथा करो में छूट जैसी रियायतों को गलत बताते हुए कहा कि इसके बदले में सरल नियमों के साथ पारदर्शी वातावरण तैयार किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इस तरह की रियायतों के स्थान पर राज्यों के बीच कारोबार सुगम बनाने में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को दो हजार पच्चीस तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सभी राज्यों और जिलों की भूमिका है उन्होंने कहा कि उद्योग पारदर्शी और साफ सुथरा सिस्टम चाहता है इस अवसर पर तिरान्नबे हजार करोड़ रूपये के विभिन्न निवेश समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये गये भारत ने करतारपुर गलियारे के बारे में पाकिस्तान के सरकारी बीडियो में खालिस्तानी अलगाववादी जरनैल सिंह भिंडरावाला को दिखाए जाने पर कड़ा विरोध दर्ज किया है नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत करतारपुर ग्रूद्वारा जाने वाले श्रद्वालओं की भावनाओं को कमजोर करने के पाकिस्तान के प्रयासों की निंदा करता है श्री कुमार ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान से आपत्तिजनक वीडियो और प्रकाशित सामग्री हटाने को कहा है प्रवक्ता ने बताया कि यह मान लिया गया है कि शनिवार को गुरूद्वारा करतारपुर साहिब जाने वाले पहले जत्थे की पाकिस्तान ने पुष्टि कर दी है रवीश कुमार ने कहा कि तीर्थ यात्री सहमति पत्र में शामिल किए गए पहचान पत्रों और दस्तावेजों को अपने साथ अवश्य लेकर जाए हमारे पास एक डाक्यूमेंट है एक एमओयू है तो फिलहाल स्थिति यह है कि उस एमओयू में लिखा गया है कि पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें लिखा है कि पिलप्रिम्स नीड ट्र कैरी औनली ए वैलिड पासपोर्ट पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजन नीड ट्र कैरी ओसीआई कार्ड फिलहाल जो है हम इसी बेसिस पर जा रहे हैं कि जो भी पिलप्रिम्स इस जर्नी को करना चाहते हैं वो अपना पासपोर्ट साथ लेकर जाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के विरूद्व कड़ी कार्रवाई करते हुए कल प्रांतीय पुलिस सेवा के सात पुलिस अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह कार्रवाई प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए सभी सात पुलिस अधिकारी पचास वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं इन पुलिस अधिकारियों पर कई जांच लम्बित थीं अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए पीपीएस अधिकारियों में पंद्रहवीं वाहिनी पीएसी आगरा के सहायक सेनानायक अरूण क्मार अयोध्या के पुलिस अधीक्षक विनोद क्मार राना आगरा के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह राना तैंतीसवीं वाहिनी पीएसी झांसी के सहायक सेनानायक रतन कुमार यादव सत्ताइसवी वाहिनी पीएसी सीतापुर के सहायक सेनानायक तेजवीर सिंह यादव मुरादाबाद के मंडलाधिकारी संतोष कुमार सिंह तीसवीं वाहिनी पीएसी गोन्डा के सहायक सेनानायक तनवीर अहमद खां शामिल हैं प्रदेश सरकार ने पिछले दो वर्षों में विभिन्न विभागों के दो सौ से अधिक अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है प्रदेश की राज्यपाल आनंदीवेन पटेल ने कहा कि दिव्यांगजनों के प्रति हमारे भीतर करूणा से ज्यादा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए लखनऊ में कल एक शैक्षिक समारोह को सम्बोधित करते हए उन्होंने कहा कि हाशिये पर छूट गए दिव्यांग समूहों को बाधा रहित अनुकूल और सुगम परिवेश प्रदान किया जाना चाहिए श्रीमती पटेल ने कहा कि दिव्यांग जनों में प्रकृति द्वारा प्रदान की गयी विशिष्ट प्रतिभा और रचनात्मकता होती है ऐसे में उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए उन्होंने कहा कि राष्ट्र के उत्थान का रास्ता वंचित और उपेक्षित समुदायों के बीच से होकर ही गुजरता है आगामी छब्बीस नवम्बर को संक्यान दिवस पर प्रदेश विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जायेगा यह सत्र पूर्वान्ह ग्यारह बजे से आहूत किया गया है विधानमंडल से जारी विज्ञप्ति के अनुसार विधानसभा मंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करने का निश्चय किया गया है विशेष सत्र में संविधान पर चर्चा की जायेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूर्ण रूप से बंद करने के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए लखनऊ ने पब्लिसिटी वैन का शुभारम्भ किया पीसीआरए लखनऊ के निदेशक डॉक्टर अश्विनी दत्त पाठक ने पब्लिसिटी वैन को कल लखनऊ के कृषि विज्ञान केंद्र कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया यह वैन अगले पैंतालीस दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की करीब ढाई हजार किलोमीटर की यात्रा करेगी श्री पाठक ने बताया कि पब्लिसिटी वैन गांव गांव जाकर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को प्रधानमंत्री के ऊर्जा संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त भारत के प्रति जागरूक करेगी देवोत्थान एकादशी के अवसर पर आज प्रदेश भर में श्रद्वालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए उमड़ पड़े हैं यह दिन हरि प्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है एक रिपोर्ट ब्रह्म मुहर्त में श्रद्दालुओं ने गंगा यमुना सरयू और मंदाकिनी के साथ ही प्रदेश की अन्य पवित्र नदियों में स्नान शुरू कर दिया है और ये सिलसिला देर शाम तक जारी रहेगा हिंदू पंचाग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाले पुण्यदायिनी देवोत्थान एकादशी के दिन लाखों भक्त अयोध्या मथुरा और वित्रकूट जैसी पवित्र नगरी में पंचकोत्ती परिक्रमा कर रहे हैं और इसमें बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्वाल् भी शामिल हैं अपोध्या में मक्तों की भारी भीड़ के चलते सुरक्षा के खास इंतजाम किये गये हैं आज के दिन तलसी प्रजा के साथ ही गन्ना और शकरकंद की भी पूजा की परंपरा है इसके साथ ही हिंदू परंपरा में शादी ब्याह के लिए शुभ दिनों की शुरुआत आज से होती है पांच दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय रामायण मेले का प्रयागराज के पास श्रंगवेरपुर धाम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज उद्धाटन करेंगे बरेली बलिया बिजनौर अमरोहा मिर्जापूर और चित्रकूट सहित प्रदेश के कई शहरों में पवित्र नदियों के किनारे कार्तिक मेले भी आज से शुरू हो जायेंगे